उन्होंने कहा कि इन पदों में भर्ती के लिए रिस्वत लेना उनका अधिकार नहीं है श्री खाण्डू ने बताया कि सही उम्मीदवार के चयन के लिए स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया है उन्होंने आर जी यू के छात्रों से मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने का नेउता देते हुए राज्य के विकास में सहयोग करने को कहा राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासान दोरजी सोना की अध्यक्षता में एक दल चौसठवें कवनवेल्थ पार्लियामेंट्री कांफ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए योगंडा के कमपाला स्थित कमनवेत्थ रिसोर्ट मुनयुनयो पहुंच गए है

भारतीय दल की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे है उनके साथ राज्य विधानसभा के अधिकारियों और सचिवों का एक समूह भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे है केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने एक लाख तेईस हजार और मकानों के निर्माण के प्रस्ताव स्वीकार किए है प्रस्तावित मकानों के निर्माण पर चार हजार नौ सौ अटठासी करोड़ रुपये का निवेश होगा आवास निर्माण के इन प्रस्तावों की मंजूरी के साथ प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना मिशन के अंतर्गत एक करोड़ बारह लाख में से नब्बे लाख से अधिक मकानों के निर्माण का लक्ष्य प्ररा हो जाएगा सैतालीस वें केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति में दस राज्यों ने अपने प्रस्ताव पेश किए थे इनमें पश्चिम बंगाल तामिलनाडू गुजरात और पंजाब शामिल थे सरकार का लक्ष्य दो हजार बाईस तक प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग सहित शहरी गरीबों के लिए और ग्रामीण परिवार को पक्का घर प्रदान करना है आज विश्व पर्यटन दिवस है इस वर्ष भारत पहली बार पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मना रहा है कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र शताब्दी विकास लक्ष्य को हासिल करने में पर्यटन क्षेत्र के योगदान के बारे में जोर दिया गया है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किये आंध्रप्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया जबकि गोआ और मध्यप्रदेश साहसिक पर्य्टन वर्ग में संयुक्त विजेता रहे उत्तराखण्ड को फिल्म प्रोत्साहन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला जबकि तेलंगाना को आई टी वर्ग में अभिनव उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन से रजस्व के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दायिंग इरिंग मेमोरियल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया इस अवसर पर पर्यटन विशेषज्ञ लिगे एते ने छात्रों को बताया कि पर्यटन और स्वच्छता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है उन्होंने कहा कि पर्यटन और नय सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखकर ही हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते है लोअर सुबनसिरी जिले के जीरों में आयोजित होने वाला जीरों म्यूजिक फेस्टिवल कल शाम से शुरु हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीरों वैली को प्रमुख पर्यटन स्थल के रुप में स्थापित करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने कृषि मंत्री तागे ताकी की उपस्थिति में किया उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों पर आयोजित होने वाले समारोह से लोगों को उन जगहों के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिलता है इस मौके पर देश विदेश से आए गीत संगीत प्रेमियों ने अपनी प्रस्तुति दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे इस मासिक कार्यक्रम की यह सत्तावनवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्ररदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा द्ररदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा हिंदी प्रसारण के ठीक बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा